शिक्षा विभाग और निगरानी जांच ब्यूरो की संयुक्त बैठक में सार्वजनिक नोटिस जारी करने का हुआ फैसला और मौसम के रूख में आये परिवर्तन के कारण किसानों की चिंताएं बढ़ी

बुलेटिन की शुरूआत इस संकल्प के साथ कोविड उन्नीस महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है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 साउंड बाईट राज्य सरकार ने मुंगेर और गया के कुछ विद्यालयों में कोविड के पॉजिटिव मामले मिलने के बाद सभी शैक्षणिक संस्थानों में कोरोना की रैंडम जांच कराने का फैसला किया है इसे लेकर शिक्षा विभाग ने स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव को पत्र लिखा है पत्र में आग्रह किया गया है कि सभी उच्च शैक्षिक संस्थानों विद्यालयों कोचिंग संस्थानों और छात्रावासों में शिक्षक तथा छात्र छात्राओं की कोरोना जांच रैंडम आधार पर कराई जाए विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने बताया कि जिस स्कूल में एक भी संक्रमित पाया जायेगा उसे तत्काल बंद कर दिया जायेगा उन्होंने कहा कि कोरोना प्रोटोकॉल के पालन में कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जायेगी प्रदेश में कोविड उन्नीस से स्वस्थ होने की दर बढ़कर संतानवे दशमलव आठ छह प्रतिशत हो गई है एक दिन में पांच सौ चार मरीजों को उपचार के बाद छूट्टी दी गई जिससे स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़कर दो लाख पचास हजार चार सौ सैंतालीस हो गई है वहीं इसी अवधि में चार सौ बावन नये मामलों की भी पुष्टि हुई जिससे कुल संक्रमितों का आंकड़ा दो लाख पचपन हजार नौ सौ छब्बीस हो गया है एक दिन में ही चार लोगों की मौत के साथ ही राज्य में इस वैश्विक महामारी से मरने वालों की संख्या बढ़कर एक हजार चार सौ अट्ठाईस हो गई है राज्य में फिलहाल सक्रिय मामलों की संख्या चार हजार पचास है केन्द्र सरकार ने लोगों से कोविड टीकाकरण को लेकर फैलाये जा रहे अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की अपील की है स्वास्थ्य मंत्रालय और वरिष्ठ चिकित्सा विशेषज्ञों ने कहा है कि देश में स्वीकृत कोविड का टीका अन्य देशों में विकसित किये गए किसी भी वैक्सीन के समान ही कारगर है दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल के डॉक्टर वेद चतुर्वेदी ने कहा कि सरकार द्वारा स्वीकृत कोरोना वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है साउंड बाईट जहां तक सेफ्टी की बात है मैं देश को आश्वस्त करना चाहता हूं जो ट्रायल्स हुए है सभी वैक्सीन की चारों वैक्सीन की जो अमी इस कंट्री में नहीं है और जो हमारे पास है जहां तक सेफ्टी का इश्यू है देश को घबराना नहीं चाहिए

स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड के टीके से संबंधित विभिन्न पहलुओं के बारे में बार बार पूछे जाने वाले सवालों की एक श्रंखला जारी की है

उत्तर सरकार ने उच्च जोखिम वाले समूहों को प्राथमिकता पर वैक्सिनेशन के लिए चिन्हित किया है पहले समूह में हैत्थ केयर और फ्रंट लाइन वर्कर शामिल हैं

इसके बाद वैक्सीन को अन्य सभी जरूरदमंदों को उपलब्ध कराया जाएगा प्रश्न क्या कोई वैक्सीन बिना पंजीकरण के कोरोना वैक्सीन प्राप्त कर सकता है उत्तर नहीं कोरोना वैक्सीन के लिए पंजीकरण अनिवार्य है पंजीकरण के बाद ही सत्र स्थल समय की जानकारी साझा की जएगी प्रश्न यदि कोई व्यक्ति स्थल पर फोटो आईडी दिखाने में असमर्थ हैं तो क्या उसे वैक्सीन लगाया जाएगा

पटना उच्च न्यायालय ने मोतिहारी व्यवहार न्यायालय के सीजेएम सुधीर कुमार सिन्हा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है हाई कोर्ट की स्टैंडिंग कमिटी ने एक अभियूक्त को गलत तरीके से जमानत दिये जाने की शिकायत के बाद ये कार्रवाई की है वहीं पटना हाई कोर्ट प्रशासन ने मुंसिफ मजिस्ट्रेट समेत सब जज और अपर जिला सत्र न्यायाधीश स्तर के पच्चीस न्यायिक अधिकारियों का तबादला कर दिया है शिक्षा विभाग तिरपन हजार से अधिक नियोजित शिक्षकों को अपने शैक्षणिक प्रमाण पत्र दिखाने के लिये अंतिम मौका देगा शिक्षा विभाग और निगरानी जांच ब्यूरो की हुई संयुक्त बैठक में इस संबंध में सार्वजनिक नोटिस जारी करने का फैसला किया गया वर्ष दो हजार छह से दो हजार पंद्रह के बीच नियुक्त इन शिक्षकों के प्रमाण पत्र के फोल्डर गायब हैं आधिकारिक सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार जल्द ही इसके लिये एक विशेष पोर्टल बनेगा जिस पर शिक्षकों को अपने प्रमाण पत्र अपलोड करने होंगे जांच एजेंसी इस पोर्टल के माध्यम से दस्तावेज डाउनलोड कर आगे की कार्रवाई करेगी जो शिक्षक अपने प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं करायेंगे तो यह माना जायेगा कि उनके दस्तावेज फर्जी हैं और उन्हें बर्खास्त करने की कार्रवाई शुरू की जायेगी गौरतलब है कि निगरानी जांच ब्यूरो राज्य में नियोजित शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की जांच कर रहा है प्रदेशभर का अधिकतम और न्यूनतम तापमान पिछले कई दिनों से सामान्य से पांच से छह डिग्री सेल्सियस ऊपर बना हुआ है मौसम विभाग के अनुसार प्रति चक्रवात के कारण तापमान सामान्य से अधिक है वहीं बादल छाये रहने के कारण भी तापमान में बढ़ोतरी देखी जा रही है मौसम विज्ञान केन्द्र पटना के अनुसार अगले अड़तालीस घंटों तक स्थिति में कोई खास परिवर्तन नहीं होगा केन्द्र के वैज्ञानिक एस के मंडल ने बताया कि दो दिनों के बाद जब उत्तरी पश्चिमी हवा का प्रभाव बढ़ेगा तब ठंड में बढ़ोतरी हो सकती है

तापमान बढ़ने का प्रतिकूल प्रभाव रबी के फसल पर दिख रहा है जिससे उत्पादन में कमी आने की आशंका है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद पटना के निदेशक डॉक्टर उज्ज्वल कुमार ने कहा कि यदि एक सप्ताह तक मौसम का रूख इसी तरह बना रहता है तो उत्पादन में तीस से चालीस प्रतिशत तक की कमी आ सकती है उन्होंने बताया कि ओस नहीं गिरने और तापमान अधिक होने से फसल में समय से पूर्व ही फूल लगने लगे हैं जो अच्छा संकेत नहीं है पूर्व मध्य रेलवे ने सात जोड़ी पैसेंजर स्पेशल ट्रेनों के परिचालन की अवधि इकतीस मार्च तक बढ़ा दी है मुख्य जनसंपर्क अधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि इनमें झाझा पटना पैसेंजर कटिहार सोनपुर पैसेंजर और जमालपुर सहरसा पैसेंजर स्पेशल ट्रेन शामिल हैं वहीं पटना से सहरसा दरभंगा रक्सौल दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन और झाझा के बीच भी ट्रेन चलाई जाएगी इंटरमीडिएट की प्रायोगिक परीक्षाएं आज से शुरू हो रही हैं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर ने बताया कि इसके लिये राज्यभर में तीन हजार एक सौ तेईस केन्द्र बनाये गये हैं उन्होंने बताया कि परीक्षा में लगभग नौ लाख परीक्षार्थी शामिल होंगे परीक्षार्थी किसी भी प्रकार की जानकारी के लिये बोर्ड के हेल्पलाइन नम्बर शून्य छह एक दो दो दो तीन शून्य शून्य शून्य नौ पर संपर्क कर सकते हैं शिक्षा विभाग ने माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों को शिक्षकों को पिछले साल की हड़ताल अवधि का वेतन जारी करने के लिये सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को आदेश निर्गत किया है आदेश में कहा गया है कि हड़ताल अवधि के सामंजन के बाद वेतन का भुगतान उपयुक्त मद से किया जाये भाजपा का दो दिवसीय प्रशिक्षण शिविर आज से राजगीर में शुरू हो रहा है इस शिविर में बिहार प्रभारी भूपेन्द्र यादव और प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल समेत कई वरिष्ठ नेता शामिल होंगे सुपौल जिले के सदर थाने में पदस्थापित अवर निरीक्षक अजय कुमार झा को शराब के नशे में हंगामा करने के आरोप में गिरफ्तार कर निलंबित कर दिया गया है पटना जिले के बख्तियारपुर थाना क्षेत्र से राजस्व खुफिया निदेशालय की टीम ने स्थानीय पुलिस के सहयोग से एक ट्रक से लगभग एक करोड़ रूपये मूल्य का गांजा बरामद किया है मौके से चालक और उपचालक की गिरफ्तारी हुई है गया जिला पुलिस ने बोधगया के एक गेस्टहाउस में छापेमारी कर ऑनलाइन ठगी करने वाले गिरोह के सोलह सदस्यों को गिरफ्तार किया है सेना में भर्ती के नाम पर ठगी करने वाले एक युवक को आर्मी इंटेलिजेंस की टीम ने बोधगया से गिरफ्तार कर लिया है उसके पास से कई आपत्तिजनक सामान बरामद किये गये हैं मुंगेर जिले कासिम बाजार थाना क्षेत्र से पुलिस ने तीन हथियार तस्करों को गिरफ्तार किया है इनके पास से पांच पिस्तौल दस मैगजीन और पांच कारतूस बरामद किये गये हैं औरंगरबाद जिले के रफीगंज थाना क्षेत्र से पुलिस ने कुख्यात नक्सली लक्ष्मण यादव को गिरफ्तार किया है गिरफ्तार नक्सली की पुलिस को कई मामलों में तलाश थी नवगछिया पुलिस जिले के भवानीपुर चौकी क्षेत्र अंतर्गत गड़ैया बहियार से पुलिस ने एक इनामी अपराधी शबनम यादव को उसके दो सहयोगियों के साथ गिरफ्तार किया है जमुई जिले के चंद्रमंडी थाना क्षेत्र से पुलिस ने भारी मात्रा में शराब बरामद कर दो महिला समेत दस तस्करों को गिरफ्तार किया है बिहार पुलिस में सिपाही पद के लिये पटना में चल रही शारीरिक दक्षता परीक्षा के दौरान छह महिला अभ्यर्थियों को फर्जीवाड़ा करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है वहीं रेलवे भर्ती बोर्ड की परीक्षा से भी एक फर्जी अभ्यर्थी की गिरफ्तारी हुई है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 हिन्दुस्तान ने लिखा है बिहार में एक सौ चौदह जगहों पर कोरोना टीकाकरण का पूर्वाभ्यास सफल दैनिक जागरण ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बयान को पहले पन्ने पर स्थान देते हुये लिखा है मंत्रिमंडल विस्तार पर भाजपा से नहीं हुई कोई बात दैनिक भास्कर लिखता है नब्बे हजार सात सौ तिरसठ शिक्षकों की बहाली में देरी अब फुल प्रफ तैयारी के बाद काउंसिलिंग डेट प्रभात खबर ने लिखा है सरकार और किसानों के बीच वार्ता एक बार फिर रही बेनतीजा दैनिक आज की सुर्खी है देश के छह राज्य बर्ड फ्लू की चपेट में राष्ट्रीय सहारा ने मुम्बई आंतकी हमले के मास्टर माइंड लखवी को पंद्रह साल कारावास की सजा सुनाये जाने को अपनी बड़ी खबर बनाया है

शिक्षा विभाग और निगरानी जांच ब्यूरो की संयुक्त बैठक में सार्वजनिक नोटिस जारी करने का हुआ फैसला और मौसम के रूख में आये परिवर्तन के कारण किसानों की चिंताएं बढ़ी